नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा र्क लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है

पिछले चौबीस घंटे में सात सौ इक्कानवे नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या नौ हजार छह सौ अडसठ हो गई है इनमें तीन हजार नौ सौ चौरासी मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हए हैं राज्य में फिलहाल पांच हजार पांच सौ नब्बे सकिय केस हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक महामारी कोरोना से राज्य में अब तक चौरानवे लोगों की मौत हुई है

पलामू जिले में स्थित पीएमसीएच में डायग्नोस्टिक लैब का ऑनलाईन उद्घाटन करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना संकमण के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने शुरूआती दिनों से ही तेज गति से काम करती रही है

रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में श्री आलम ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की उचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा जैसा की आपको मालूम है कि राज्य के मनरेगाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं

देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दस लाख तक पहुंच गई है

कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है

सफदरजंग अस्पताल में श्वसन रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ नितेश चर्चा में भाग लेंगे

चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन लुटेरों को गिरफ़तार किया है इनके पास से हथियार सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं गिरफ्तार अपराधियों में नक्सलियों का एक पूर्व एरिया कमांडर भी शामिल है पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में एक अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया है उसके पास से एक सौ पन्द्रह किलो अफीम डोडा का चूर्ण बरामद किया गया है उधर सिमडेगा जिले में भी पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफतार किया है इस अपराधी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में ग्यारह संगीन मामले दर्ज हैं हजारीबाग में भी पुलिस ने कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह के एक सकिय सदस्य को गिरफ़तार किया है

रफाल के इस खेप में तीन सिंगल सीटर और दो दो सीटर विमान हैं इन्हें हरियाणा के अम्बाला स्थित एयरबेस में भारतीय वायुसेना मे शामिल किया जायेगा

एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रशान्त आपदा मोचन कोष से भारत को तीस लाख अमरीकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है इससे देश में कोविड महामारी से निपटने के तात्कालिक उपायों में मदद मिलेगी

वे कैंसर से पीड़ित थे आज राजधानी रांची के डोरण्डा स्थित जैप वन के ग्राउंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्वांजलि दी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने संदेश में कहा है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि में वन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है

इस वर्ष का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है

बैठक में कोरोना संकमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए एहितियाती उपायों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने का निर्णय किया गया

भारत रत्न जे आर डी टाटा की आज एक सौ सोलहवीं जयंती जमशेदपुर में सादगीपूर्वक मनाई गई